केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने सरकार को रिजर्व बैंक द्वारा अतिशेष लाभांश दिए जाने को लेकर चिंताओं को किया खारिज कर अधिकारियों से कारोबारियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा सरकार का अगले दस वर्षो में पचास लाख हेक्टेयर बंजर ज़मीन को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करने का है लक्ष्य

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से जल संरक्षण के मुद्दे पर जागरूक और जागृत होने की अपील करते हुए कहा कि इससे पहले कि पानी के लिये युद्ध छिड़ जाये हमें सचेत हो जाना चाहिये उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से प्रेरणा लेते हुए प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है श्री योगी कल लखनऊ में जल संरक्षण विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि जल संरक्षण को एक जन आन्दोलन बनाना समय की आवश्यकता है प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं देशव्यापी जलशक्ति अभियान में तीन करोड़ सत्तर लाख से अधिक लोग शामिल हुए पहली जुलाई से सरकार ने कम पानी वाले जिलों को ध्यान में रखकर इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी पिछले दो महीनों के दौरान इस योजना के अंतर्गत सरकार ने दो सौ छप्पन जिलों में स्थानीय स्तर पर पांच लाख से अधिक जल संरक्षण बुनियादी ढांचा प्रदान किया केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को अतिशेष लामांश के रूप में रिकॉर्ड धन राशि दिया जाना बिमल जालान कमेटी की सिफारिशों के अनुसार है इस कमेटी को रिजर्व बैंक के आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कल पुणे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर अधिकारियों की बैठक के बाद एक प्रेस काफ्रॅस को सम्बोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस बारे में व्यक्त की जा रही चिन्ताएं उचित नहीं हैं

उसे सरकार ने नहीं बल्कि खद रिजर्व बैंक ने गठित किया था उन्होंने कई बैठकें की और एक फॉर्मूला बनाया था जिसके आधार पर यह राशि सरकार को दी गई है वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने अभी यह फैसला नहीं किया है कि रिजर्व बैंक से मिली इस राशि का किस तरह से उपयोग किया जाए केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में दालों की कमी नहीं है नई दिल्ली में एक समीक्षा बैठक के बाद खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने बताया कि इस वर्ष देश में दो सौ साठ लाख टन दालों के उत्पादन का अनुमान है और दस लाख टन का आयात होगा उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जमाखोरी करता है तो सरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी श्री पासवान ने बताया कि इनके अलावा नेफेड के पास पचास हजार मिट्रिक टन प्याज का भी भंडार है केंद्र सरकार ने जनऔषधि केंद्रों पर मिलने वाली सेनेटरी नैपकिन का मूल्य प्रति नैपकिन ढाई रुपये से घटाकर एक रुपये कर दिया है केंद्रीय रसायन और ऊर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में बताया कि इससे महिलाओं की स्वास्थ्य हाईजीन को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा

देराभर में साढ़े पांच हजार जेनेरिक दवाओं की दुकानों पर ये नेपकिन बेचे जाएंगे एक मोबाईल एप जनऔषधि सुगम की भी कल शुरूआत की गई जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति निकटतम जनऔषधि केंद्र का पता लगा सकता है सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने कल कहा कि ये उद्यम और खादी ग्रामोद्योग आयोग संयुक्त रूप से देश के उन्तीस प्रतिशत विकास और चालीस प्रतिशत निर्यात में योगदान करते हैं इन उद्यमों और आयोग के माध्यम से लगभग ग्यारह करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है वे मुंबई में खादी के वैश्वीकरण भारत के अभिमान विषय पर व्यापारिक शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे मिट्टी के बारे में कुम्हारों के लिए खादी ग्रामोद्योग कमीशन ने छोटे छोटे मैकेनिक्ज एक्यूमेंट बनाए और वो एक्यूमेंट के द्वारा काफी अच्छी चीजें बननी शुरू हुई और दो स्टेशनों पर मिट्टी के जो कृत्हड़ लोग उसका उपयोग करने लगे और मैंने परसों ही हमारे रेलवे मंत्री जी को लिखा और सभी स्टेट के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों को लिखा है कि रेलवे स्टेशन में आप ये जो पेपर के और प्लास्टिक के गिलास यूज करते हैं इसके बजाय इस मिट्टी से बने हुए इस कुल्लड़ को मेंडेटरी करो श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में पांच करोड़ नई नौकरियों का सुजन करेगी कल मुम्बई में एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे भारत भूमि के बंजर होने की स्थिति की रोकथाम के बारे में संयुक्त राष्ट्र समझौते से संबद्व पक्षों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा कल नई दिल्ली में इस बारे में जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह बात कही काप्स फोरटिन मीन्सउ क्राफेंस ऑफ पार्टिज युनाइटेड नेशसंस के पार्ललेंस में पार्टिज मायने कांट्रिज तो कांफ्रेंस ऑफ पार्टिज की तीन प्रकार के कन्वे षण होते हैं लेकिन ये डिग्रीडेशन के खिलाफ जमीन बंजर होने से बचाने की जो दुनिया का प्रयास है उसके बारे में यह कांफ्रेंस दो सेप्टेम्बनर से तेरह सेप्टे म्बरर हो रही है श्री जावडेकर ने बताया कि सम्मेलन में दो सौ से अधिक देशों के तीन हजार से ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे इसमें करीब सौ देशों के मंत्री भी हिस्सा लेंगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इस महासम्मेलन में शामिल होंगे उन्होंने कहा कि चीन के बाद इस वर्ष भारत दो वर्ष के लिए इस संगठन का मेजबान और अध्यक्ष रहेगा पर्यावरण मंत्री ने बताया कि सम्मेलन में भूमि क्षरण कटाव और उसके बंजर होने की स्थिति से निपटने के बारे में विचार किया जायेगा पर्यावरण मंत्री ने कहा कि भारत ने तय कर लिया है कि वह सम्मेलन के समापन पर नई दिल्ली घोषणा प्रावधानों को मंजूर कराकर ही रहेगा उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य दस वर्षो के भीतर पचास लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करना है इसके लिए देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में एक केन्द्र स्थापित किया जायेगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने कहा है कि देश के हर जिले में कम से कम एक सामुदायिक रेडियो होना चाहिए जिस पर स्थानीय लोग अपने समुदाय से संबंधित सामाजिक और विकास के मुद्रो पर जागरूक हो सकें वह कल नई दिल्ली में सातवें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे अमित खरे ने कहा कि सामुदायिक रेडियो द्वारा दी जाने वाली सेवायें स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं और इनसे ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है स्थानीय भाषा विषय वस्त और जरूरतों को सामदायिक रेडियो बहत अच्छी तरह से प्रस्तत करते हैं कई रिपोर्टों में मैंने पढा है कि सामुदायिक रेडियो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं जैसे वर्षा तथा तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की जानकारी देना इस तीन दिवसीय सामूदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया है देश भर से आये सामुदायिक रेडियो के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं यह लोग इस दौरान सतृत विकास के लक्ष्यों पर बेहतर जागरूकता के लिए बनाये जाने वाले कार्यक्रमों की संभावनाओं और अपने अनुभवों को साझा करेंगे इस सम्मेलन में सरकार की योजनाओं जैसे जलशक्ति अभियान और आपदा के खतरों को कम करने के प्रयासों पर भी चर्चा की जायेगी इस वर्ष सम्मेलन का विषय है सत्त विकास लक्ष्यों के लिए सामुदायिक रेडियो शाहजहांपुर में एक सड़क दुर्घटना में कल सत्रह लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गये पुलिस ने बताया कि यह हादसा उस समय हुआ जब लखनऊ दिल्ली हाई वे पर शाहजहांपुर में जमका दोराहे के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर सवारियों से भरे वाहन पर पलट गया घायलों को इलाज के लिये जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने द्र्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने शाहजहांपुर के जिलाधिकारी को मृतकों के परिजनों को अनुमन्य राहत धनराशि तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं श्री योगी ने अधिकारियों को घायलों का समुचित इलाज कराने के भी निर्देश दिये हैं केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली में अमृत योजना के तहत सीवर लाइन नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास किया